कोरोना अध्यादेश मंजूरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्यकर्भियों की सुरक्षा के लिए महामारी आपदा अधिनियम में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने तथा स्वास्थ्यकर्भियों को चोटिल होने पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है अध्यादेश में उत्पीड़न शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हिंसा माना जाएगा इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं स्वास्थ्यकर्भियों को कुछ लोगों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने लोगों के अनियंत्रित व्यवहार के कृष्ठ घणित उदाहरणों का उल्लेख किया जहां डॉक्टरों और उनके परिवारों तथा रिश्तेदारों को ऐसे कोरोना योद्वाओं का अंतिम संस्कार करने से रोका गया जिनकी मृत्यू कोरोना वायरस को संक्रमण से होने का संदेह था इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सहायक पुलिस महानिरीक्षक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है ताकि स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा सके

वे पूर्णबंदी के कारण वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इसमें हिस्सा लेंगे श्री मोदी इस अवसर पर एकीकत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की शुरूआत भी करेंगे वहीं प्रधानमंत्री इस महीने की सत्ताईस तारीख को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह तीसरी वीडियो कांफ्रेंस है प्रधानमंत्री बातचीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सरगुजा जिले के पूर्व विधायक देवेश्वर सिंह से टेलीफोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना पचयासी वर्षीय देवेश्वर सिंह जनसंघ के समय उन्नीस सौ सड़सठ से बहत्तर तक विधायक रहे हैं प्रधानमंत्री ने उनसे करीब दो मिनट तक बात की और उन्हें अपना ख्याल रखने का आग्रह किया कोरोना स्वास्थ्य मंत्रालय एडवाइजरी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर सुझाव दिया है कि कोरोना वायरस के सील इलाकों के आसपास के अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को कोर्राना का संदिग्ध मरीज माना जाना चाहिए और जब तक उनके कोरोना मुक्त होने की पुष्टि न हो जाए तब तक उनकी ठीक से निगरानी की जानी चाहिए स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक सील्ड किए गए इलाकों से आने वाले मरीजों में कोरोना वायरस के लक्षण न हों तब भी उनका टेस्ट कराया जाना चाहिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना को पुष्ट मामलों के निकट संपर्क के लोगों को सात सप्ताह तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दी जानी चाहिए कोरोना महंगाई भत्ता रोक केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के कारण कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने कर्मचारियों के महंगाई मते में वृद्धि पर रोक लगा दी है कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न संकट के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कि पहली जनवरी दो हजार बीस से देय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशनमोगियों को महंगाई राहत राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा पहली जुलाई दो हजार बीस और पहली जनवरी दो हजार इक्कीस से देय मंहगाई मत्ते और मंहगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भूगतान भी नहीं किया जाएगा हालांकि मौजूदा दर पर मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत जारी रहेगी कोरोना मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को मजदूरी भूगतान के रूप में खाद्यान्न प्रदान करने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि मनरेगा के तहत मजदूरी राशि का भुगतान एनईएफएमएस के माध्यम से सीधे श्रमिकों के खातों में जमा होता है कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन प्रभावशील है प्रदेश में साढ़े इकतीस लाख सक्रिय परिवारों के लगभग साढ़े बासठ लाख लोगों की आजीविका मनरेगा पर ही निर्मर है मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के उपायों सहित मनरेगा के कार्य किए जा रहे हैं और इसमें लगभग पांच लाख श्रमिक प्रतिदिन काम कर रहे हैं मजदूरों को मजदूरी राशि जमा होने के बाद अपने भोजन जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहले खातों से पैसा निकालने की आवश्यकता होगी जिससे वे परेशान तो होंगे ही साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में भी कठिनाईयां होंगी मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में बैंक शाखाओं की कमी है और इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी समस्या है ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी की राशि राज्य शासन को उपलब्ध कराते हुए इसके एवज में उन्हें खाद्यान्न वितरित करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि मजदूरों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके कोरोना श्रमिक विद्यार्थी वापसी कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों और विद्यार्थियों की शीघ ही प्रदेश में वापसी होगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से टेलीफोन पर चर्चा की और उन्हें श्रमिकों तथा विद्यार्थियों की समस्याओं से अवगत कराया चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार से इस संबंध में विधिवत प्रस्ताव मिलने पर त्वरित निर्णय लिया जाएगा मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव आरपी मंडल द्वारा केंद्रीय गृह सचिव को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया गया है मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि अन्य राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे छत्तीसगढ़ के सभी श्रमिकों और विद्यार्थियों की जल्द सक्शल वापसी होगी कोरोना निजी स्कूल फीस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों में अध्ययनरत् बच्चों से शुल्क लेने की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है वहीं बच्चों से शल्क लेने की शिकायत पर आठ निजी स्कूलों को नोटिस भी जारी किया गया है साथ ही निजी स्कूलों में कार्यरत् शिक्षकों और कर्मचारियों को लॉकडाउन की अवधि का वेतन भी देने को कहा गया है स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के बाद सावधानी बरतते हुए सभी स्कलों को तेरह मार्च को ही लॉकडाउन की श्रेणी में ले लिया गया था इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी निजी स्कूलों से यह प्रमाण पत्र लिया जाए कि स्कूल प्रबंधकों द्वारा पालकों से फीस नहीं मांगी गई है स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है इस ऑनलाइन पोर्टल पर सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है इसका लाभ करीब पौने सोलह लाख स्कूली विद्यार्थियों को भिल रहा है इस पोर्टल से एक लाख पैंसठ हजार शिक्षक भी जुड़ चुके हैं उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत भी निजी स्कूलों में बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा

कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की सातवीं कड़ी कल सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारित की जाएगी इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र सुबह साढे दस बजे एक साथ रिले करेंगे इस कार्यक्रम की कल की कड़ी में राज्य की महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया का विशेष साक्षात्कार भी प्रसारित किया जाएगा केन्द्र उज्जवला योजना लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए केन्द्र सरकार उन्हें अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं बिलासपुर के सरकंडा इलाके की रजनी यादव ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत तीन महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए राशि प्राप्त हुई है

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं घर घर जाकर पोषक आहार पहुंचा रही हैं

बलरामपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान लोगों के घरों में फल और सब्जियों की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी गई है सीजी हाट पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही फल और सब्जी निर्धारित दर पर प्राप्त कर सकता है वहीं धमतरी जिले में भी सीजी हाट ऑनलाइन पोर्टल के जरिये लोगों को फल सब्जी की घर पहुंच सेवा दी जा रही है इधर कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित देश के कई शहरों में राजनादगांव जिले के मजदूर और विद्यार्थी फसे हुए हैं सांसद संतोष पांडेय ने इन मजदूरो और विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी वापसी के लिए प्रशासन को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है इसी जिले के गंडई में मास्क का प्रयोग और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने के मामले में साठ से अधिक लोगों पर जर्माना लगाया गया है इसी तरह दुर्ग जिले के भिलाई नॅगर निगम क्षेत्र में प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दो सौ चौरासी लोगों पर करीब उनहत्तर हजार रूपये का जुर्माना लगाया है वहीं बालोद जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक ग्यारह और गुंडरदेही निकाय क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन द्वारा मॉकड्रिल किया गया रायपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंत्योदय प्राथमिकता निःशक्तजन एकल निराश्रित और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्डघारियों को आगामी जून माह का चावल भी निःशुल्क दिया जाएगा वहीं जिले में लॉकडाउन के दौरान प्रयास संस्था के विद्यार्थी व्हाट्सअप ग्रूप के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं इसी तरह कोरिया जिले में लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों को पढ़ई तुंहर दुआर पोर्टल के माध्यम से घर बैठे शिक्षा दी जा रही है वहीं महासमुंद जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुमगांव में पदस्थ नेत्र सहायक अधिकारी और दर्रीपाली गांव में दूषित भोजन मामले में नोडल अधिकारी को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है इसी जिले की करीब पांच सौ अटठारह ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत काम शुरू किए गए हैं जिसमें तिरसठ हजार से अधिक मजदूर कार्यरत हैं इधर बस्तर जिला प्रशासन ने कोंडागांव और मुंगेली के मजदूरों को राहत शिविर से उनके गृह जिलों में पहुंचाने की शुरूआत कर दी है कोरोना आरक्षक भर्ती स्थगित कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्देश दिए हैं गौरतलब है कि आरक्षक भर्ती प्रक्रिया की लिखित परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा एक मई से आयोजित किये जाने के निर्देश दिए गए थे मौसम प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव के आसार हैं मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और ओले गिरने तथा तेज हवा चलने की चेतावनी दी है वहीं कुछेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है मिली जानकारी के मुताबिक मौसम में आए बदलाव के कारण बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है वहीं विभिन्न जिलों के तापमान में वृद्धि हुई है संक्षिप्त समाचार प्रलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने जिला और इकाई संवर्ग में पदस्थ संतावन पुलिसकर्मियों को सहायक उप निरीक्षक अ से उप निरीक्षक अ के पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं राजधानी रायपुर में नापतौल विभाग ने जांच के दौरान सात व्यापारिक संस्थानों में निर्धारित मूल्य से अधिक सामग्री बेचने की शिकायत पर पीसीआर के तहत प्रकरण दर्ज किया है श्रम विभाग के सचिव और नोडल अधिकारी के निर्देश के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेकेदारों द्वारा नियोजित दो सौ उनहत्तर श्रमिकों को करीब चौंतीस लाख रूपये का वेतन भुगतान कर दिया गया है कोंडागांव के कोतवाली थाना में प्रलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर उप निरीक्षक सहित तीन अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है बीजापुर जिले की मृतक बालिका जमलो मड़कम की मृत्यु के मामले में तेलंगाना के संबंधित नियोजक और एजेंट के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है रायपुर जिले में मनरेगा के तहत जल संरक्षण के साथ ही हितग्राहीमलक कार्यों को प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है जिले की दो सौ उनहत्तर ग्राम पंचायतों में पांच सौ से अधिंक कार्य चल रहे हैं महासमुंद जिले के बसना वन परिक्षेत्र के ग्राम बिजरामाटा में वन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई कर एक मकान से ग्यारह नग सागौन की लकड़ी जब्त की है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत विकास योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कांकेर जिले के चारामा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भिलाई का चयन पुरस्कार के लिए किया है कवर्धा कोतवाली पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है उसके पास से पुलिस आरक्षक की वर्दी सहित अन्य दस्तावेज और एक वाहन जब्त किया गया है गर्मी के मौसम में निस्तारी तालाबों को भरने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा रूद्री बैराज से महानदी मुख्य नहर में पांच सौ क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है इस पानी से लगभग दो सौ तिरालीस तालाबों को भरा जाएगा